एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए पांच सदस्यों की संविधान पीठ ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता में करीब एक सदी पुराने विवाद का निपटारा कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में अयोध्या में विवादित जमीन को केन्द्र को साँपे जाने का निर्णय किया है साथ ही मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट का गठन करने का भी निर्देश दिया मुस्लिम समुदाय को उनकी मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन देने का भी निर्णय किया गया न्यायालय ने केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार को मस्जिद निर्माण के लिए प्रमुख स्थान पर मुस्लिम समृदाय के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया शीर्ष अदालत ने दो दशमलव सात सात एकड़ विवादित भूमि राम लला को आवंटित की है न्यायालय ने निर्मेही अखाड़े की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें विवादित जमीन पर नियंत्रण की मांग की गई थी

अदालत ने ये भी कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल के नीचे जो भी ढांचा था वह इस्लामिक नहीं था लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने यह सिद्ध नहीं किया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई अदालत ने कहा कि एएसआई के साक्ष्यों को राय मात्र कहना इस संगठन के प्रति न्यायोचित नहीं है शीर्ष अदालत ने इस मामले में शिया वक्फ बोर्ड की अपील यह कहकर नामंजूर कर दी कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि सरकार की है अयोध्या मामले के पक्षकारों में से एक इकबाल अंसारी ने अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि वे इससे शत प्रतिशत संत्ष्ट हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया है अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले को किसी की जीत या हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए उन्होंने लोगों से शाति सद्भाव और एकता बनाए रखने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से न्यायिक प्रक्रिया में आम आदमी का विश्वास और ज्यादा मजबूत होगा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उच्चतम न्यायालय के सर्वसम्मत निर्णय का स्वागत किया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज कहा है कि अयोध्या के बारे में उच्चतम न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक संतुलित और न्यायसंगत है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है एक ट्वीट संदेश में उन्हॉने लोगों से देश की एकता और सद्भाव बनाने में सहयोग करने की अपील की उधर प्रदेश भर में लोगों ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का व्यापक रूप से स्वागत किया है प्रधानमंत्री ने अभी अभी देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक है उन्होंने कहा कि भारत की न्यायपालिका के लिए आज का दिन स्वर्णिम है श्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैंसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर आया है उन्होंने नागरिकों से एक नए भारत का निर्माण करने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि हम नागरिकों के लिए न्याय प्रकिया का पालन करने का दायित्व अब और बढ़ गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि करतारपुर गलियारे और एकीकृत जांच चौकी के खुलने से दोगनी खुशी मिली है वे आज करतारपुर गलियारे के उदघाटन के बाद गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक पर श्रद्वालुओं को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि करतारपुर गलियारे के खुलने के बाद दरवार साहिब गुरूद्वारा पर मत्था टेकना सरल हो जायेगा उन्होंने भारत की इस भावना को समझने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का धन्यवाद किया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान इमरान खान जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर के विषय में भारत की भावनाओं को समझा सम्मान दिया और उसी भावना के अनुरूप कार्य किया प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरू नानक देव मानवता के लिए पूज्य और प्रेरणा स्रोत हैं